भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ओर दोनों पार्टियों के कई बागियों की ओर से आज भरे गये नामांकन

भारत और अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र पहार की आज से बीकानेर जिले में शुरूआत

पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने सरदारपुरा से कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनूस खान ने टोंक सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपीजोषी ने नाथद्वारा और गिरिजा व्यास ने उदयपुर से प्रतिपक्ष के नेता रामेष्वर डूडी ने नोखा से कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने अंता से उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने झोटवाडा से मानवेंद्र सिंह ने झालरापाटन सीट से नामांकन पत्र दाखिल किये हैं कांग्रेस और भाजपा के बागी नेताओं की ओर से भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल भरे गये हैं दूदू से कांग्रेस के बागी बाबू लाल नागर ने पर्चा दाखिल किया है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज कोटा अंता और झालरापटन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याषियों के नामांकन के दौरान मौजूद रही मुख्यमंत्री ने अन्ता डग और झालरापाटन में रोड़ शो किया

वहीं नामांकन के बाद टोंक में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि जनता पांच साल से हताष और निराष है

भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रत्याषियों के निर्धारण और उनकी घोषणा के मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर बढत हासिल की है और भाजपा चुनाव के प्रत्येक पायदान पर कांग्रेस के मुकाबले बढत बनाये रखेगी

पाली में आज चुनाव पर्यवेक्षक एमआर रवी ने चुनाव व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही कार्यप्रणाली की जानकारी दी इस बीच नागौर जिले में आम जन में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान का संदेश देने के लिए आज पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैगमार्च किया

हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि मतदाता निर्वाचन विभाग की वेबसाईट पर जाकर अपना नाम और मोबाइल नम्बर दर्ज कर वोट डालने का संकल्प ले सकता है इस बीच चुनाव में धनबल के द्ररूपयोग को रोकने की एक कार्यवाही के तहत हनुमानगढ़ जिले में एक व्यक्ति से चार लाख बयालीस हजार रूपये की धनराशि जब्त की गई ये व्यक्ति जीप में इस राशि को लेकर जा रहा तभी स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा की गई चैकिंग में इसे पकड़ा गया

आज से धार्मिक और मांगलिक कार्य शुरू हो गये है आज के दिन को छोटी दीवाली के रूप में भी मनाया जाता है

विभिन्न स्थानों पर श्रद्वालुओं ने दान भी किया

इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को मजबूत करना है इस सप्ताह का आयोजन देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने कई उद्देश्य से किया जाता है सप्ताह के पहले दिन आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया राजसमन्द में इस मौके पर सूचना केन्द्र में कौमी एकता शपथग्रहण समारोह हुआ